तीसरा चरण तैयारी लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार कल शाम थम जाएगा इसके बाद प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के नेता घर घर जाकर कर चुनाव प्रचार कर सकेंगे इस चरण में तेरह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के एक सौ सोलह संसदीय क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा संसदीय क्षेत्र भी शामिल हैं निर्वाचन आयोग द्वारा तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है पहले और दूसरे चरण की तरह ही तीसरे चरण में भी स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है विभिन्न राजनीतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने आज बिलासपुर के सकरी में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था उन्होंने कहा कि इसके जरिए गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की जेब में डाला गया कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी के माध्यम से अमीर लोगों ने अपने कालेधन को सफेद कर लिया कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केन्द्र में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो वह गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी न्याय योजना के तहत अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाय बिना देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को हर साल बहत्तर हजार रूपए दिए जाएंगे और यह राशि परिवार की महिला सदस्य के खाते में सीधे जमा होगी कांग्रेस अध्यक्ष श्री गांधी अब से कुछ देर पहले भिलाई पहुंच गए हैं भिलाई के वैशाली नगर उनकी सभा शुरू हो गई है उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के राजपुर में चुनावी सभा लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बिलाईगढ़ क्षेत्र के पवनी गांव में चुनाव प्रचार किया डॉक्टर सिंह आज रायपुर में रोड शो भी करेंगे

उन्होंने कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देते हुए कांग्रेस में प्रवेश किया इस बीच बसपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता सुब्रत डे और प्रवक्ता संजीव अग्रवाल ने भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है रायगढ़ लोकसभा प्रोफाइल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सात संसदीय क्षेत्रों मे तेईस अप्रैल को मतदान होगा इनमें से रायगढ़ संसदीय सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं यहां इस बार सत्रह लाख से अधिक मतदाता हैं इस लोकसभा सीट के अंतर्गत दो जिलों रायगढ़ और जशपुर के आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार राजनांदगांव महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्र में चौहत्तर दशमलव नौ पांच प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया इन क्षेत्रों में वर्ष दो हजार चौदह में हुए लोकसभा चुनाव में तिहत्तर दशमलव दो प्रतिशत तथा दो हजार नौ के चुनाव में संतावन दशमलव छह शून्य प्रतिशत मतदान हुआ था इस बार दूसरे चरण में हुए चुनाव में राजनादगांव संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक छिहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत मतदान हुआ वहीं कांकेर में चौहत्तर दशमलव दो तीन और महासमुंद संसदीय क्षेत्र में चौहत्तर दशमलव पांच एक प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया निर्वाचन कार्य नोटिस गरियाबंद के जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में इक्कीस अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है इनमें चार सेक्टर प्रभारियों और गरियाबंद बीईओ के अलावा सत्रह पीठासीन तथा मतदानकर्मी शामिल हैं सेक्टर प्रभारियों पर चुनाव कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप है वहीं सत्रह कर्मचारियों को ड्यूटी से नदारद रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इन सभी अधिकारी कर्मचारियों से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रायपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संचालित मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान के तहत रायपुर के कटोरा तालाब उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में स्वीप अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर ग्लो रन दौड़ का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गीत नृत्य नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने कटेकल्याण के साप्ताहिक बाजार से इन माओवादियों को पकड़ा पकड़े गए माओवादियों के पास एक टिफिन बम सौ ग्राम बारूद और डेटोनेटर सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है ये माओवादी पिछले कई वर्षों से माओवादी गतिविधि में सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारादातों में शामिल रहने का आरोप है इंद्रावती जल सत्याग्रह बस्तर में इंद्रावती नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने आज सांकेतिक जल सत्याग्रह का आयोजन किया इस दौरान लोगों ने जगदलपुर स्थित पुराने पुल के समीप आधे घंटे तक पानी में मौजूद रहकर इंद्रावती के संरक्षण के लिए नारे लगाए और जोरा नाला मुद्दे पर निर्णायक पहल किए जाने की अपील की जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा

इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी हैं वहीं कई स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है